प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले पांच वर्षों में योग को स्वास्थ्य से जोड़ा है योग दिवस पर राज्यभर में कार्यक्रम आयोजित किये गए राज्यपाल मुख्यमंत्री समेत गांवों तक बड़ी संख्या में लोगों ने योग कर स्वस्थ्य भारत का संदेश दिया नई दिल्ली में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों के वित्तमंत्रियों के साथ बैठक की

मानसून सत्र के दो दिन चलने की संभावना है

इस वर्ष के आयोजन का विषय है हृदय के लिए योग राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्लीज में राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि योग मानवता के प्रति भारत का उपहार है और यह स्वस्थ जीवन तथा मन और शरीर के बीच संतुलन की कृंजी है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लालकिले में ब्रहमकुमारी संगठन की ओर से आयोजित समारोह में कहा कि योग को आज शारीरिक चुस्ती फूर्ती और स्वस्थ बने रहने का उपाय माना जाने लगा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पांच वर्ष में योग को स्वास्थ्य से जोड़ा है ताकि इसे स्वास्थ्य सेवा का सशक्त आधार बनाया जा सके झारखंड की राजधानी रांची में आज सवेरे योग दिवस के मुख्यत आयोजन को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों तक योग के महत्व पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया

रबड़ मैट के स्थातन पर खादी से बनी योग चटाई का प्रयोग किया गया

शहर मुख्यालयों के साथ ग्रामीण स्तर पर हर आयु वर्ग के लोग योगाभ्यास करते दिखे देहरादून के पैवेलियन ग्राउंड में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हजारों योग साधकों के साथ योगाभ्यास किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमित योग हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने में मददगार रहता है उन्होंने कहा कि स्वस्थ भारत के लिए योग को गांव गांव घर घर तक पहुंचाने की जरूरत है उधर राजभवन परिसर में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और राजभवन के सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि योग पूरे विश्व को भारत द्वारा दिया गया अमूल्य उपहार है

योग दिवस के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने इसकी घोषणा की देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी और सचिवालय में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अगुवाई में अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया इसके साथ ही सभी जिला मुख्यालय तहसील और विकास खण्ड मुख्यालयों पर सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों की ओर से योग अभ्यास कराया गया

विधेयक पेश होते समय सदन में शोर शराबा हुआ जैसे ही कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद विधेयक पेश करने के लिए खड़े हुए विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति जताई रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में तीन तलाक के मामले बढ़ रहे हैं और यह विधेयक महिलाओं को न्याय और अधिकार प्रदान करेगा पिछली लोकसभा में भी ये बिल पारित किया गया था लेकिन राज्यसभा में इसे पास नहीं किया गया

आज नई दिल्ली में राज्यों के वित्तमंत्रियों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श में उन्होंने लक्ष्य पूरा करने में केन्द्र की ओर से पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया वित्तमंत्री ने कहा कि राज्य और केन्द्र के पूरे समन्वय के बिना निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं हो सकते वित्तमंत्री अर्थशास्त्रियों बुनियादी क्षेत्रों के प्रतिनधियों कृषि ग्रामीण विकास सामाजिक वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजारों के प्रतिनिधियों से भी बजट पूर्व चर्चा कर चुकी हैं

स्लग सतपाल महाराज नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उत्तराखण्ड के पर्यटन तीर्थाटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने हिस्सा लिया बैठक में केबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की

सतपाल महाराज ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली धनराशि एक लाख तीस हजार से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने की मांग की क्योंकि राज्य की द्र्गम भौगोलिक स्थिति की वजह से भवन निर्माण सामग्री को निर्माण स्थल तक पहुंचाने में अपेक्षाकृत अधिक पैसे खर्च होते हैं बैठक में उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं का लाभ पर्वतीय क्षेत्र में रह रहे लोगों को अधिक से अधिक मिल सके इसके लिए राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के लिहाज से थोड़े बदलाव करने होंगे सतपाल महाराज ने ये भी सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नाम प्रधानमंत्री सम्पर्क सड़क योजना रखा जाये जिससे रोपवे सेक्टर को भी इसका लाभ मिल सके उन्होंने केंद्र सरकार से रोपवे सेक्टर में गौरीकृण्ड से केदारनाथ नैनीताल रोपवे गोविन्दघाट से हेमकुण्ड के लिए एक अलग केन्द्र सहायतित योजना शुरू करने का अनुरोध किया बैठक में हिमालयी क्षेत्रों के विकास और जरूरतो पर अलग से ध्यान देने का अनुरोध किया गया